मुख्यमंत्री ने कहा गुरूजी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक

हुनर हाट केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज इंदौर में कहा है कि उनके मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित किये जा रहे हुनर हाट जरूरतमंद दस्तकारों शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुए हैं श्री नकवी ने शहर के विजय नगर इलाके में हुनर हाट का राज्यपाल लालजी टंडन के साथ उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि यही हिंदुस्तान की पहचान है

इसके अलावा रोजाना होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है

इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत विविधता मेंएकता को दर्शाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य देश के लोगों में पारंपरिक भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करना भी है

इसका उद्देश्य एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है जिसमें सभी राज्य सर्वोत्तम कार्यशैलियों और अनुभवों से सीख ले सकें

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

वह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु रविदास का स्मरण किया है प्रदेश में भी संत रविदास जयंती ध्रमधाम से मनायी गयी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर में आयोजित जागृति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास ने लोगों को भाई चारे और एकता का संदेश दिया था मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जैसे महान व्यक्तियों ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है

मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हर्षोल्लास के साथ रविदास जयंती मनायी गयी खंडवा देवास राजगढ़ अशोकनगरगुना नरसिंहपुर जबलपुर होशंगाबाद सिवनी आगरमालवा उमरिया रतलाम बडवानी सहित सभी जिलों में रविदास जयंती धूमधाम से मनायी गयी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

इसके लिए बैंकों द्वारा अभियान चलाया जाएगा